उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़े स्तर पर इस तरह का टीकाकरण अभियान इतिहास में पहले कभी नहीं चलाया गया

प्रधानमंत्री ने उन वैज्ञानिकों की प्रषंसा की जो पिछले कई महीनों से कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे थे उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देष में दो वैक्सीन तैयार करना गर्व की बात है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैक्सीन विदेषी वैक्सीन जिनती प्रभावषाली है लेकिन उनसे सस्ती है उन्होंने कहा कि भारतीय वैक्सीन विष्व स्तर पर विष्वसनीय है प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों ने भारत में बनी दोनो वैक्सीन को इनके प्रभाव बारे निषचिंत होने के बाद इन्हें मंजूरीदी है उन्होंने लोगों को कहा कि वे अफवाहों और नकारात्मक प्रचार पर ध्यान न दें श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की दो खुराकें लेने की जरूरत है दोनो खुराकों के बीच लगभग एक महीने का अंतराल रख जायेगा दूसरी खुराक लेने के मात्र दो सप्ताह बाद ही शरीर में कोरोना के खिलाफ लड़ने की रोग प्रतिरोधक श्रमता विकसित होगी

श्री मोदी महामारी दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं द्वारा झेली गई मुष्किलों बारे बात करते हुए भावुक हो गए उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह महामारी के दौरान काम किया है उसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की है उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के समक्ष यह उदाहरण भी प्रस्तुत की है कि केन्द्र और राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों बारे विभाग एवं सामाजिक संस्थान कैसे मिलकर बेहतर कर सकते हैं भारतीय सीरम इंस्टीच्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मालिक अदार पूना बाला ने आज उनकी कंपनी द्वारा तैयार कोवीषील्ड वैक्सीन का टीका लगवाया बाद में एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विष्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए धन्यवाद किया श्री पूनावाला ने कहा कि उन्हें इस बाद पर गर्व है कि कोवीषील्ड इस ऐतिहासिक प्रत्यत्न का हिस्सा है और इसके अच्छे प्रभाव व सुरक्षित होने का प्रमाण देने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ इस अभियान में यह टीका लगवाया हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने आज आबकारी एवं कराधान विभाग के लिए जीएसटी पीवी ऐ पके प्रारूप की शुरूआत की इस ऐप के माध्यम से आबकारी एवं कराधान विभाग के सभी कर निरीक्षक अपने स्मार्ट फोन से करदाताओं के परिसर का भौतिक सत्यापन करेंगे इस अवसर पर हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी आयुक्त श्री शेखर विद्यार्थी के अलावा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे उप मुख्यमंत्री जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है ने ऐप शुरू करने के बाद बताया कि यह ऐप उन फर्जी फर्मों का जल्द पदा लगाने में मदद करेगा जो गलत इनपुट टैक्स कैडिट पास कराती हैं इसके अलावा यह ऐप कर पंजीकरण में सहायक होगी जिससे विभाग के समय और संसाधनों की बचत होगी श्री चौटाला ने बताया कि कर निरीक्ष कइस ऐप से किसी भी फर्म का पंजीकरण विवरण देख सकेंगे और मोबाइल ऐ पके माध्यम से अधिकृत प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकेंगे

यह उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है

स्वास्थ्य मंत्री आज छावनी नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी में टीकाकरण की शुरूआत पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने इनती जल्दी इन दोनों वैक्सीनों को तैयार करके एक मिसाल कायम की है

जैसे जैसे वैक्सीन मिलती रहेगी उसी निरंतरता में लाभर्थियों को वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के प्रबंध निदेषक प्रभजोत सिंह स्वास्थ्य विभाग के महानिदेषक डॉ सुरजभान कम्बोज सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व प्रषासनिक अधिकारी मौजूद रहे

इसके बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेषक डॉ सूरजभान कम्बोज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के निदेषक डॉ वीके बंसल राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ वीरेन्द्र सिंह अहलावत हरियाणा कोविड टीकाकरण के सलाहकार डॉ प्रेम अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेषक डॉ वीणा सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया

सभी के फोन नंबर विभाग के पास हैं वैक्सीन नलेने वालों पर नजर रखी जायेगी उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जितनी भी वैक्सीन हरियाणा में आयेगी उसके भण्डारण की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है

केंन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देष का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरू करने के लिए बधाई दी है विभिन्न जिलों से मिली जानकारी के अनुसार गुरूग्रम के वजीराबाद में सफाई कर्मचारी राधा को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया

यमुनानगर में उपायुक्त मुकुल कुमार तथा सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया की उपस्थिति में उप जिला नागरिक अस्पताल जगाधरी से कोविड टीकाकरण की शुरूआत हई